शिमला में आज मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ये हैल्पलाईन लोगों की शिकायतों के निपटारे मे वरदान साबित हो रही है

जयराम ठाक़र ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को शिकायतों के निवारण पर विशेष बल देना चाहिए और लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए

दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण के कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीजी ने हमेशा नौजेवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वॉस्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली दो खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पूर्ण से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गईं

भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि नगर निकाय चुनावों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर तथ्यहीन व्यानबाजी कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों पर विश्वास जताकर ही मतदाताओं ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले हैं सुरेश कश्यप ने दावा किया कि यदि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हो तो उसमें भी भाजपा बहुमत हासिल करेगी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश देकर भाजपा सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ फैसला दिया है वीरभद्र सिंह ने कहा कि सुन्नी रोहडू रामपुर और अर्की सहित अनेक स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी बहुमत मिला है इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को पक्षे में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है